एक अंग्रेजी दैनिंक को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार घरेल और विदेशी दोनों ही च्रोतों से निवेश बढाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है भारत को व्यापार का आकर्षक केन्द्र बनाए जाने में सरकार कोई कसर नहीं छोडेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास की गाथा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हरसंभव उपाय करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने का फैसला पूरे विचार विमर्श के बाद लिया गया है और केन्द्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर ऐसा किया है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला देश का आंतरिक मामला है उन्होंने नये जम्मू कश्मीर के बारे में कहा कि प्रमुख उद्यमियों ने राज्य में निवेश करने में रूचि दिखाई है उन्होंने कहा कि संकृषित परिवेश में आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती खूली सोच से ही इस क्षेत्र के युवा जम्म कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश के लिए स्थिरता बाजार तक पहंच और ंस्पष्ट कानून जरूरी हैं और अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने से इन सभी की पक्की व्यवस्था हो सकेगो प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ऐसा परिवेश विकसित करने में मदद मिलेगी जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कौशल कड़ी मेहनत और उत्पादों के बेहतर नतीजे मिलें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बीस युवाओं और तीन संगठनों को दो हजार सोलह सत्रह के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए ये पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले यवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा है कि हमारी विशाल युवा शक्ति एकजूट होकर काम करे तो देश अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा

हम लोगों को जिंदगी में अलग अलग मौका भिलता है और काम करने का भी अलग अलग लक्ष्य होता है

इनके अलावा आइज ऑफ इंडियन यूथ दो हजार उन्नीस की ओर से चीन के बारे में आयोजित फोटो प्रदर्शनी के लिए तीन यूवाओं को पूरस्कार प्रदान किये गए ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से आस्था के साथ है ोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है मस्जिदो में ईद उल अजहा यानी बकरीद की विशे नमाज अदा की गयी विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर लोगों ने नमाज अदा की त्यौहार के मददेनजर प्रदेश में आज सुरक्षा के कडे प्रबंध किये गये हैं लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह और आसिफी इमामबाडा सहित विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम श्रद्वालुओं ने नमाज अदा कर के एक दूसरे को त्यौहार की बाघाई दी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः प्रदेश में लखनऊ कानपुर बरेली गोरखपुर वाराणसी आगरा और प्रयागराज सहित सभी जगहों से ईद उल अजहा के शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के समाचार भिल रहे हैं प्रदेश के पूलिस महानिदेशक ओपी सिंह स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं

हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों के घर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने और ईद के अवसर पर विशेष रूप से तैयार कियें गए व्यंजनों का लृत्फ उठाने के लिए पहंच रहे हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के सभी शिवालयों में ब्रम्हमुदूर्त से ही श्रद्दालू और कॉवरिये भगवान शिव का जलाभि ीक कर रहे हैं यह सिलसिला अमी भी जारी है वाराणसी में श्रद्धालू और कॉवरिये सुबह से ही देवाधिदेव भगवान महादेव का जलाभि ीक कर रहे हैं अयोध्या में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालु नागेश्वरनाथ क्षीरेश्वरनाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभि ीक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिवमंदिरों में भक्तों और कांवरियों द्वारा भगवान शिव का जलाभि ीक किया जा रहा है देवरिया जिले के रूदपुर स्थित भगवान दुग्धेश्वरनाथ मंदिर संत कबीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के भरोहिया स्थित शिवमंदिर झारखण्डी महादेव मंदिर और बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में ब्रम्हमुहूर्त से ही जलाभि ीक के लिए श्रद्धांलुओं का तांता लगा हुआ है